इनमें घुमारवीं में निर्मित लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस के अतिरिक्त आवास का उद्घाटन और जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न उठाऊ जलापूर्ति योजनाओं सहित नगर परिषद घुमारवीं की आधारशिला शामिल हैं इस अवसर पर भराड़ी में एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उन क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं जो किन्हीं कारणों से अब तक विकास से पिछड़े हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही विकासात्मक परियोजनाएं निर्धारित समय अवधि में पूरी की जा सके महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी ज़िले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आज दरेई बस्ती लोअर घनाला सड़क का भूमि पूजन किया इस अवसर पर जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के उदेश्य से कार्य कर रही है महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के संधोल में जल्द ही सौ बिस्तरों की क्षमता वाला अस्पताल निर्मित हो जाएगा उन्होंने कहा कि इसके अलावा क्षेत्र में आईटीआई व कॉलेज भवन सहित मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है महेंद्र सिंह ठाकुर ने लोगों से शिवा प्रोजेक्ट के तहत फलों का उत्पादन करने के लिए क्लस्टर बनाने का आग्रह भी किया इस दौरान उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू जिले में पतलीकूहल के समीप कटराई में आज अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन किया

गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस केंद्र में एक फायर टेंडर स्थापित किया गया है और छ अग्निशमन कर्मियो की तैनाती की गई है और चरणबद्द तरीके से अग्निशमन कर्मियों की तैनाती को बढ़ाया जाएगा उन्होंने कहा कि पतलीकूहल में जल्द ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन भी बनाया जाएगा

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस योजना के तहत अब तक अढ़ाई लाख से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं

पठानिया आभार हिमाचल बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र शर्मा ने धर्मशाला में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा के लिए वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया का आभार जताया है एक ब्यान में उन्होंने कहा कि बैडमिंटन अकादमी खुलने से राज्य में बैडमिंटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी राजेंद्र शर्मा ने कहा कि खेल मंत्री ने कोरोना महामारी के हालात में सुधार होने पर अगले वर्ष प्रदेश में राष्ट्रीय जुनियर बैडमिंटन ट्रर्नामेंट आयोजित करने की बात भी कही है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के द्रष्टिगत खेल परिसरों को सशर्त खोलने की इजाजत दी है औषधीय खेती जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति में नकदी फसलों के साथ साथ औषधीय पौधों की खेती किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है

उन्होंने कहा कि किसान औषधीय पौधों की खेती व विपणन संबंधी जानकारी नेरचौक स्थित मैडिसन प्लांट के क्षेत्रीय केंद्र से ले सकते हैं शास्त्री ने लोगों से जड़ी ब्रटियों की खेती व विपणन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने की अपील भी की